प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा पर चर्चा के दूसरे संस्करण में आज सुबह ग्यारह बजे देश भर से चुने गए छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करेंगे नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब दो हजार छात्र शिक्षक और अभिभावक भाग लेंगे कार्यक्रम में बिहार के भी कई छात्र शामिल हो रहे हैं एक लाख से अधिक छात्रों ने माईगोव पोर्टल पर आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लिया था जिनमें से इन दो हजार लोगों का चयन किया गया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा से संबंधित तनाव पर छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चर्चा का ये एक अनूठा कार्यक्रम है बाईट इस कार्यक्रम में पहली बार देश भर के विद्यार्थियों के अलावा विदेशों में रह रहे भारतीय छात्र भी हिस्सा लेंगे पिछले वर्ष दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था जिन देशों से भारतीय छात्र भाग लेंगे उनमें रूस नाइजीरिया ईरान नेपाल कतर कुवैत सऊदी अरब और सिंगापुर शामिल हैं यह बातचीत परीक्षा के दौरान तनाव संबंधित विषयों पर केंद्रित होगी पिछले वर्ष हुई परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तनाव को कम करने के लिये उठाये गये कदमों के बारे में एक लघ् फिल्म भी प्रदर्शित जायेगी

इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और द्रदर्शन से सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से यह कार्यक्रम आज दस बजकर पचपन मिनट से प्रसारित होगा केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के अनुरूप भत्तों और विशेष भत्तों को मंजूरी दे दी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है यह आदेश केन्द्र वित्त पोषित समकक्ष विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा कुलपति के लिए संशोधित विशेष भत्ता प्रतिमाह ग्यारह हजार दो सौ पचास रुपए उपकुलपति के लिए नौ हजार रुपए स्नात्कोतर महाविद्यालय में प्राधानाचार्य के लिए छह हजार सात सौ पचास रुपए और स्नातक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को साढ़े चार हजार रुपए का विशेष भत्ता दिया जाएगा मंत्रालय के इस फैसले से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और साढ़े पांच हजार समकक्ष विश्वविद्यालयों के करीब तीस हजार शिक्षकों और समकक्ष कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा सीबीबाई ने बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में बांका की पूर्व भू अर्जन पदाधिकारी जयश्री ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तारी के बाद उन्हें पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें आठ फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया पिछले वर्ष सीबीआई द्वारा दर्ज किये गये मामले में जयश्री ठाकुर का भी नाम था पूछताछ के लिए कई बार समन दिये जाने और गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद भी वे सीबीआई के समक्ष नहीं आ रही थी सृजन घोटाले में संलिप्तता सामने आने के बाद राज्य सरकार ने पिछले वर्ष जयश्री ठाकुर को सेवा से बर्खास्त कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि तलाकशुदा पुत्री भी अपनी मां या पिता के स्थान पर मृतक आश्रित कोटे से नियुक्ति पाने की हकदार है न्यायालय ने मृतक आश्रित नियमावली के संबंध में अविवाहित पुत्री शब्द को स्पष्ट करते हुये कहा है कि इसका दूसरा अर्थ व्यक्ति का जीवनसाथी न होना भी है न्यायालय ने कहा कि इस परिभाषा में तलाकशुदा और विधवा दोनों आते हैं बोधगया में पिछले वर्ष हुये बम विस्फोट मामले में बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन का हाथ था राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा पटना स्थित विशेष अदालत में दाखिल प्रक आरोप पत्र में यह खुलासा हुआ है आरोप पत्र में कहा गया है कि म्यांमा में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हुये कथित अत्याचारों के प्रतिशोध में ये बम विस्फोट किये गये इन विस्फोटों के जरिये आतंकी संगठन भारत में हलचल पैदा करना चाहता था एनआईए ने आरोप पत्र में विस्फोट के पीछे छह लोगों को जिम्मेदार ठहराया है जिसमें एक बांग्लादेश और पांच पश्चिम बंगाल का रहने वाला है कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रदेश की चार हजार फर्जी कम्पनियों का निबंधन रद्द कर दिया है जबकि छह हजार कम्पनियों को नोटिस भेजा गया है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यदि इन कम्पनियों द्वारा भी जवाब नहीं भेजा जाता है तो इनका भी निबंधन रद्द कर दिया जायेगा इन सभी कम्पनियों पर गलत पते के आधार पर निबंधन कराने और रिटर्न नहीं दाखिल करने का आरोप है पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के कारण प्रदेश में ठंड का असर बढ़ गया है अठारह से बीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने के कारण कनकनी बढ़ गयी है मौसम विभाग ने कहा है कि बर्फीली हवा के कारण आज दक्षिण बिहार के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है कल प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में औसत तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस गिरावट का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है विभाग ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय होगा जिसका प्रभाव अगले एक सप्ताह तक दिखेगा एक और दो फरवरी को कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है रिश्वतखोरी के आरोप में वैशाली जिले के गोरौल थाने में पदस्थापित दारोगा धनंजय झा को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है तिरहुत प्रक्षेत्र के डीआईजी अनिल कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है वर्ष दो हजार सोलह में बर्खास्त दारोगा को निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था आरा की एक अदालत ने एके सैंतालीस राइफल सहित अन्य हथियार रखने के आरोप में कुख्यात ब्रूटन चौधरी उसके भाई और भतीजे सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है सजा के बिंदु पर कल सुनवाई होगी नवादा के रतनपुर में पिछले दिनों सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों द्वारा पाकिस्तान में बनी एके सैंतालीस राइफल की गोलियों के इस्तेमाल पर केन्द्र ने स्थानीय पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है सूत्रों ने बताया कि जल्द ही गोलियों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जायेगा और इस बात की पड़ताल की जायेगी कि नक्सलियों के पास पाकिस्तान निर्मित गोलियां कहां से पहुंची सिखों की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब के जत्थेदार अवतार सिंह हित को तनखैया घोषित किया है उन पर एक व्यक्ति विशेष की गुरू साहिब से तुलना करने का आरोप था अमृतसर स्थित श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अवतार सिंह हित को एक सप्ताह तक रोजाना एक घंटा संगत के जूते साफ करने बर्तन धोने और कीर्तन सुनने की सजा सुनाई है धान खरीद में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पैक्स को राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी सहकारिता मंत्री राणा रणधीर ने बताया कि राज्य स्तर पर तीन और अनुमंडल स्तर पर दो पैक्सों को पुरस्कृत किया जायेगा लखीसराय के जयनगर लाली पहाड़ी में खुदाई के दौरान एक पत्थर निर्मित विशाल सुरक्षा टावर मिला है इसकी गोलाई पचास मीटर है खुदाई के दौरान बौद्ध धर्म से जुड़े कई पुरातात्विक सामान भी मिले हैं पटना जिले के रूपसपुर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने मोटरसाईकिल सवार दो युवकों को दो सौ कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गिरफ्तार युवकों की निशानदेही पर इसी थाना क्षेत्र से एक और व्यक्ति को एक पिस्तौल तथा पन्द्रह कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र में बलथरी गांव के पास पुलिस ने एक कार से लगभग पांच लाख रूपये मूल्य की शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा हर गरीब को तय आमदनी सुनिश्चित करेंगे दैनिक जागरण की सुर्खी है एमबीबीएस डॉक्टरों के समान ही पशु चिकित्सकों को मिलेगा वेतन दैनिक भास्कर लिखता है कानून मंत्री बोले सबरीमाला जैसी तेजी अयोध्या विवाद में भी दिखाये सुप्रीम कोर्ट प्रभात खबर की सुर्खी है महाबोधि मंदिर विस्फोट मामले में बांग्लादेशी समेत छह आतंकियों पर शिकंजा राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है लालू राबड़ी व तेजस्वी को जमानत